चुनाव तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले प्रथम चरण के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

इस दौरान आंध्र प्रदेश अरूणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नगालैंड सिक्किम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तेलंगाना और उत्तराखंड की सभी संसदीय सीटों के लिए चुनाव होगा इसके अलावा असम बिहार छत्तीसगढ़ जम्मू और कश्मीर महाराष्ट्र मणिपुर ओड़ीसा त्रिपुरा उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी पहले चरण में वोट डाले जायेंगे अधिसूचना लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण की अधिसुचना के साथ ही आज से नामांकन का काम शुरू हो गया है

इस चरण में प्रदेश की सात सीटों टीकमगढ़ दमोह सतना रीवा खजुराहो होशंगाबाद और बैतुल में वोट डाले जायेंगे राहुल नामांकन वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के जूनागढ़ में एक रैली को संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी धब्बा नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी को हटाने के सिवा कांग्रेस का कोई एजेन्डा नही है वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने आज अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन भरा इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य लोग भी मौजूद थे फिल्म रोक निर्वाचन आयोग ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म पी एम नरेन्द्र मोदी के रिलीज करने पर चुनाव समाप्त होने तक के लिए रोक लगा दी है आयोग ने व्यवस्था दी है कि ऐसी फिल्म से चुनाव में सभी उम्मीदवारों को बराबरी का मौका दिये जाने पर असर पड़ेगा इसलिए फिल्मि को चनाव के दौरान सिनेमाघरों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिये आयोग ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में फिल्म से संबंधित कोई पोस्ट या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जानी चाहिए यह फैसला इस फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले आया है नामांकन इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान के लिये मतदाता पर्ची के साथ एक अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज लाना अनिवार्य किया गया है मतदाता पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस केन्द्रीय कार्यालय राज्य शासन भारत सरकार का उपक्रम सार्वजनिक कम्पनी द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक पेन कार्ड राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन कार्यालय के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा रोजगार कार्ड श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज एवं सांसद विधायक राज्यसभा सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड मे से कोई एक दस्तावेज मतदान के दौरान ला सकते हैं

ईओडब्ल्यू ने यह कार्रवाई मुख्य रूप से केंद्र सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की रिपोर्ट के आधार पर की है बताया गया है कि विभिन्न निर्माण विभागों में करोड़ों रूपये के ठेके ई टेंडर के जरिए दिए गए हैं इसमें कथित तौर पर पासवर्ड के जरिए छेड़छाड़ कर अनुचित तरीके से काम दिए गए मतदाता जागरूकता प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इसी के तहत टीकमगढ में शहर के नजरबाग महिला पार्क को मतदाता पार्क में बदला गया है इस पार्क में महिलाओं को वीवीपेट के जरिए मतदान करने के वारे में बताया जाएगा

आगर मालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के टिकोन गॉव में शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों ने एक रैली निकाली इस दौरान बच्चे मतदान का संदेश लिखी तख्तियां और बैनर हाथों में लिये हुए थे अनूपपुर में भी मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई गुना के बमोरी में महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के लिए प्रेरित किया वहीं शिवपुरी के पिछोर के मल्हावनी और काली पहाडी ग्राम पंचायतों में मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी गई स्वीप अभियान शहडोल शहडोल जिले में स्वीप अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मनोरंजक और प्रेरक कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत पंडित शम्भूनाथ विश्वविद्यालय परिसर में मानव श्रंखला बनाई गई जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ नगरपालिका के कर्मचारी और नगरवासी शामिल हए कार्यक्रम को मनोरंजक बनाने के लिए स्थानीय कलाकारों द्वारा गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ मतदान के प्रति लोगो को जागरूक करने के लिए यही से हस्ताक्षर अभियान शुरू हुआ कार्यक्रम में लोगो को मतदान करने और दूसरों को इसके लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई गई

आर्थिक मामलों के विभाग ने कहा है कि ये ब्याज दर रेल कर्मचारियों और रक्षा बलों के कर्मचारियों सहित केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को देय होगा पिछले महीने सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और डाक भविष्य निधि सहित लघ् बचत की योजनाओं पर पुरानी ब्याज दर बरकरार रखी थी

इस यात्रा का उद्देश्य जेलों में बंद हर बंदी की स्वास्थ्य संबंधी जांच का निरीक्षण करना है आयोग की अनुशंसा है कि बंदियों में टीबी एड्स ह्रदयाघात मधुमेह एवं अन्य गंभीर बीमारियों की जांचे नियमित रूप से हर साल किया जाना है मौसम पिछले दिनों आये आंधी तूफान के बावजूद प्रदेश में गर्मी के तेवर कम नहीं हुए हैं आज खरगौन दमोह और खजुराहो में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान तैतालीस डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया भोपाल में अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रहा वहीं खंडवा में आज दिन का तापमान बयालीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया छतरपुर और दमोह जिलों में लू का प्रभाव रहा जबलपुर टीकमगढ़ गुना और शाजापुर जिलों में रातें गर्म रहीं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घण्टों में ग्वालियर चंबल होशंगाबाद और भोपाल संभागों में तथा शाजापुर आगर देवास इंदौर नरसिंहपुर सिवनी जबलपुरछिंदवाड़ा छतरपुर पन्ना सतना और रीवा जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या धूल भरी आधी चलने की संभावना व्यक्त की है

उन्होंने कहा कि इसके साथ वे राजनीति से भी सन्यास ले रहे हैं आज भोपाल में निर्वाचन व्यय लेखा दलों की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई खंडवा में मतदान दलों का प्रशिक्षण कल होगा

संसदीय सीट शहडोल के प्राप्त नामांकनों की आज जांच की गई